खाताधारकों की बीमा राशि बढ़ाकर सात लाख रूपये की गयी राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर नवासी प्रतिशत से अधिक हुई

वजपात की भी आशंका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पटना सीतामढ़ी पूर्णिया और समस्तीपुर समेत दस जिलों में दो सौ चौरानवे करोड़ रूपये की कृषि मछली पालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का श्रभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप का भी लोकार्पण करेंगे इस ऐप के जरिए पशुपालकों को व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है इसके तहत बीस हजार करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है इसके तहत वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त सत्तर लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री बिहार पश् विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशाला और पटना के मसौढ़ी में फिश ऑन व्हील्स के साथ ही सीतामढी में मत्स्य ब्रूड बैंक और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाए जाने की घोषणा भी करेंगे इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है इन सुविधाओं से मत्स्य क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अंशधारकों को भविष्य निधि पर पूर्व घोषित साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय किया है संगठन के ट्रस्टियों की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी जमा राशि पर दो किस्तों में ब्याज का भूगतान किया जायेगा पहली किस्त आठ दशमलव एक पांच प्रतिशत अक्टूबर तक दे दी जायेगी वहीं शेष ब्याज का भुगतान इकतीस दिसम्बर तक किया जायेगा खाताधारकों की बीमा राशि छह लाख से बढ़कर सात लाख कर दी गयी है राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर नवासी दशमलव दो दो प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग बारह प्रतिशत अधिक है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान लगभग एक हजार पांच सौ नये संक्रमितों की पुष्टि हुई है जबकि एक हजार सात सौ लोग ठीक होकर घर लौट च्रके हैं श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के पन्द्रह हजार छह सौ पच्चीस एक्टिव मरीज हैं उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में चौबालीस लाख पचास हजार से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविन्दर सिंह ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है उन्होंने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से कोविड उन्नीस के लक्षण मिलने पर आरटीपीसीआर जांच कराने को कहा है

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस चरण में शामिल होना चाहते हैं वे अपना निबंधन करा सकते हैं अनलॉक चार के तहत जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ छियासी वाहन जब्त किये गये हैं और चौदह लाख तिहत्तर हजार सात सौ रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है पिछले चौबीस घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले पांच हजार एक सौ बहत्तर व्यक्तियों से दो लाख अंठावन हजार छह सौ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है विधान सभा चूनाव में राजनीतिक दलों को सभी प्रकार की एनओसी ऑनलाईन मिलेगी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए समय और स्थल की मांग के लिए आवेदन ऑनलाईन ही करेंगे राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपाल मीणा ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लेने वालों की संख्या पहले ही बतानी होगी जिससे उन्हें उसी क्षमता का स्थल दिया जा सके विधान सभा चुनाव में आयोग पहली बार एनकॉर परमिशन मॉड्यूल का प्रयोग करने जा रहा है प्रदेश में सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गये हैं पार्टियों के प्रदेश कार्यालय को वॉर रूम में बदला गया है जहां से वर्च्रअल संवाद और रैलियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल सम्मेलन और डिजिटल अभियान को प्राथमिकता दे रही है इसके आधार पर पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है जदयू ने वर्च्रअल माध्यम से रैलियों की शुरूआत कर दी है वहीं राजद ने एक वेबासाइट बनाया है और टॉल फ्री नम्बर जारी किया है जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है लोजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान दिल्ली से ही वर्च्रअल रैलियों को संबोधित करेंगे रालोसपा भी ब्रथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का कार्य कर रही है केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के दौरान इक्कीसवीं सदी में स्कूल शिक्षा विषय पर आज से दो दिन की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दूसरे दिन कार्यशाला को सम्बोधित करेंगे कार्यशाला का पहला दिन प्रधानाचार्यों और अध्यापकों पर केन्द्रित होगा जिसमें नयी शिक्षा नीति को सुजनात्मक ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाएगा कार्यशाला में राष्ट्रीय प्रस्कार प्राप्त अध्यापक और सृजनात्मक गतिविधियों में लगे अध्यापक भाग लेंगे मंत्रालय नयी शिक्षा नीति और इसे लागू करने के पहलुओं पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित करेगा जिनमें नयी शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी पोषण माह के दौरान राज्य में अतिकुपोषित बच्चों की पहचान पर ज्यादा जोर दिया जायेगा समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पोषण माह का आयोजन करना च्रनौतीपूर्ण है लेकिन इसे सावधानी से किया जा रहा है श्री सिंह ने पंचायत स्तर पर पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है मंत्री ने इस मौके पर पोषण जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कार्यक्रम में उपस्थित आईसीडीएस के निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि अतिक्पोषित बच्चों की पहचान और उनकी देखरेख पोषण वाटिका का निर्माण तथा गृह भ्रमण के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को पोषण पर सलाह दिये जायेंगे वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में किसानों से धान की खरीद के लिए ऑनलाईन निबंधन शुरू हो गया है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि धान की प्रति क्विंटल कीमत एक हजार आठ सौ अड़सठ रूपये होगी उन्होंने कहा कि किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपना निबंधन कर धान संबंधी विवरण अपलोड कर सकते हैं राजधानी पटना सहित आस पास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के सत्रह जिलों में आज आंधी और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून राज्य में फिर से सक्रिय है जिससे प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में मध्यम और तेज बारिश हो रही है वहीं पटना गया और नालंदा में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही है वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है राज्य में कमला बलान महानंदा और ब्रढ़ी गंडक समेत छह नदियों का जलस्तर लाल निशान के ऊपर पहुंच गया है गंगा कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं नेपाल में बारिश और बराज से पानी छोड़े जाने के कारण अररिया जिले के पलासी प्रखंड में स्थित धर्मगंज चतरा डायवर्सन ध्वस्त हो गया जिससे कई गांवों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है राज्य सरकार की ओर से संचालित की जा रही अक्षर आंचल योजना में कार्यरत महादलित दलित अल्पसंख्यक और अतिपिछड़ा वर्ग की महिला शिक्षा सेवियों को भी छब्बीस सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा इसके साथ ही पूर्व शिक्षा सेवकों को भी दो बच्चों के लिए पितृत्व अवकाश दिये जायेंगे राज्य के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण की जानकारी देने के लिए एक प्रथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरूआत की जायेगी बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने बताया है कि आज और कल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है जिसमें हर जिले से दस अधिकारी और शिक्षक शामिल हो रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल ने पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को बाईस लाख रूपये के जाली रेल टिकटों के साथ गिरफ्तार किया है

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रत्येक रविवार को पटना जिला के हर बूथ पर शिविर लगाया जायेगा राज्य के इंटरमीडिएट की कक्षाओं में छात्र कल से स्पॉट नामांकन ले सकेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि जिन छात्रों ने वेबसाइट ओएफएसएस पर नामांकन के लिए निबंधन नहीं कराया है वे इस पर आवेदन कर सकेंगे जमुई जिले के बरहट थानाध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने निलंबित कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुम्बई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़े जाने की खबर पर कंगना के बयान के हवाले से लिखा है आज मेरा घर टूटा कल तेरा घमंड टूटेगा दैनिक जागरण ने मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर सहमति को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार का शीर्षक है एन के सिन्हा होंगे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त प्रभात खबर ने कोरोना महामारी से पीड़ित आम जनता की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है लॉकडाउन से घटी कमाई ऊपर से महंगााई ने मध्य वर्ग को किया बेहाल दैनिक भास्कर ने पटना नगर निगम कर्मचारियों की आज से शुरू हो रही हड़ताल को बड़ी खबर बनाते हुए सुर्खी दी है सफाई फॉगिंग और सेनेटाइजेशन आज से पटना में सब ठप आज अखबार ने बिहार विधान सभा चुनाव के तिथि की घोषणा पर लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा शीघ्र तेरह को हो सकता है तारीखों का एलान

खाताधारकों की बीमा राशि बढ़ाकर सात लाख रूपये की गयी राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर नवासी प्रतिशत से अधिक हुई

वजपात की भी आशंका